मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से मास्क अप कैंपेन में भाग लेने का किया आग्रह केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसान कानून को लेकर कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुए कई कार्यक्रम लोगों को दिलाई गई बेटियों की सुरक्षा की शपथ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

इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आध्निक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी उन्होंने कहा कि इस पहल से सम्पत्तियों के अवैध कब्जों को भी रोका जा सकेगा आग्रह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से केन्द्र सरकार के मास्क अप अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित करनी चाहिए

उन्होंने कहा कि संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए खांसते व छींकते समय कम से कम दो मीटर की दूरी सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है वे आज राजभवन शिमला में कोचिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया की एक सामाजिक पहल साथी हाथ बढ़ाना के ऑनलाइन उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा न केवल सहायक सिद्ध होगी बल्कि भविष्य में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं सराहना विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन में कार्यरत हिमाचल के अधिकारियों की भूमिका की सराहना की है मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पत्र लिखकर मिशन में राज्य सरकार के कार्यो की सराहना की एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस तरह की प्रशंसा प्राप्त करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है

राजिन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है उन्होंने आज बिलासपुर जिले में कुठेड़ा हरलोग संपर्क मार्ग पर बनने वाले पुल के शिलान्यास अवसर पर कहा कि कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक नीतियों के कारण भारत दुनिया में सशक्त छवि वाला देश बनकर उभरा है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने में भी भारत ने बेहतरीन कार्य किया है

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए किसान कानून को लेकर कांग्रेस पर अपने निजी लाभ के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है

उन्होंने कहा कि किसान की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहे इस दिशा में भी केन्द्र सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं

इस अवसर पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बालिकाओं को बधाई दी और लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति दृढ़ता से कार्य करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के उददेश्य से सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन किया गया है सोलन में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों को बेटियों की सुरक्षा व महिलाओं के सम्मान की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शिमला में एक कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जागरूकता पर बल दिया ऊना में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया पुष्पांजलि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर आज पुष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल ने कहा कि नानाजी देशमुख ने समाज के निर्माण के लिए स्वार्थ रहित होकर कार्य किया अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किए गए कार्य प्रेरणादायक हैं

ऊना रेलवे स्टेशन के अधीक्षक बीएस चौहान ने बताया कि इस अवधि में ये रेलगाड़ी दिल्ली और अंबाला के बीच चलती रहेगी